वे आज कांगड़ा जिले में बैजनाथ मण्डल के भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश हित के लिए देश की कमान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देने की जरूरत है उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिससे प्रदेश के लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से अनुभवी नेता किशन कपूर को पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है और इन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए हैं जयराम ठाकर ने उम्मीद जताई कि किशन कपूर को जनता भारी मतों से अवश्य जीत दिलाएगी उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार के मार्गदर्शन में कार्यकर्ता सराहनीय कार्य करेंगे

मुख्यमंत्री ने पार्टी में शामिल होने पर सभी का स्वागत किया प्रचार चम्बा इस बीच भाजपा ने बूथ स्तर पर अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है भटियात से विधायक विक्रम सिंह जरयाल ने आज चम्बा में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बूथ स्तर के अभियान के दौरान लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा ने सशक्त उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं और पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी डीसी ऊना चुनाव आयोग इस बार सभी शतायु मतदाताओं को रोल मॉडल बनाएगा ताकि चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके और युवा मतदान के लिए प्रेरित हों ऊना के जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने कहा है कि सौ वर्ष से अधिक आयु के सभी मतदाताओं को निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान का निमंत्रण दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया गया है ऐसे में बुज़्र्ग मतदाता अन्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकते हैं

जिला निर्वाचन नोडल अधिकारी विवेक चौहान ने पर्यवेक्षकों को चुनाव में अपनी सहभागिता ईमानदारी से निभाने और चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने संबंधी जानकारी दी उन्होंने कहा कि जिले में सभी अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए अतिरिक्त संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी

मण्डी के अतिरिक्त उपायुक्त व चुनाव खर्च निगरानी समिति के नोडल अधिकारी आशुतोष गर्ग ने आज मण्डी में एक बैठक के दौरान ये बात कही उन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के हर दिन के खर्च पर नजर रखने के निर्देश भी दिए स्वीप कार्यक्रम लाहौल स्पिति जिला निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत आज केलंग के समीप युरनाथ गांव में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया सहायक निर्वाचन अधिकारी अमर नेगी ने लोगों से मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और युवाओं से अपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने की अपील की नशा उन्मूलन कुल्लू जिला पुलिस ने नशा उन्मूलन के लिए पिछले वर्ष सहभागिता हमारी और आपकी अभियान शुरू किया जो बेहद सफल साबित हो रहा है

उन्होंने कहा कि इस दौरान युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया गया